इस अवसर पर प्रदेश भर में सबेरे से ही मंदिरों में श्रद्वालुओं की लंबी कतारे देखी जा रही है श्रद्वालु मॉ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं इस अवसर पर राजधानी भोपाल और इन्दौर में में बनाये गये दुर्गा पंडलों में विशेष रूप से साज सज्जा की गई है

जबलपुर में शक्ति के आराधना का पर्व नवरात्रि पर घट स्थापना के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गये हैं वहीं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मॉ पीतांबरा सिद्धपीठ और मॉ बगुलामुखी की विशेष पूजा आराधना की जा रही है खंडवा नरसिंहपुर और शाजापुर में नवरात्रि पर्व की विशेष तैयारियां की गई हैं शाजापुर में मॉ राजराजेश्वरी मंदिर में शुभ मुहर्त में घट स्थापना की जायेगी प्रदेश के अन्य जिलों में भी दुर्गा मंदिरों में विशेष पूजा आराधना की जा रही है कॉल सेंटर प्रदेष में चुनाव के ऐलान के साथ ही किसी तरह की षिकायत दर्ज कराने के लिये कॉल सेंटर बना दिये गये हैं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कान्ता राव ने बताया कि इस नंबर पर चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है जिसका सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से निराकरण किया जा सकेगा मतदाता परिचय पत्र मतदाता सूची आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन से संबंधित शिकायत भी इस नंबर पर दर्ज करायी जा सकती है जिलों में भी इसी तर्ज पर जिला स्तरीय सेंटर की स्थापना की गयी है जिन पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर पर दर्ज शिकायतों की सतत् मॉनिटरिंग की जाकर शिकायतों का समय पर निराकरण किया जा सकेगा जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिला स्तरीय कॉल सेंटर का नोडल अधिकारी बनाया गया है राष्ट्रपति सीएजी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नयी दिल्लीं में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित महालेखापालों के दो दिवसीय सम्मेंलन का उद्घाटन करेंगे एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देशभर के महालेखापाल दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे और अत्याधुनिक तकनीक अपनाकर लेखा परीक्षण को अधिक प्रभावी बनाने तथा सार्वजनिक खर्च को और उत्तरदायी बनाने पर विचार विमर्श करेंगे सम्मेलन में चार गहन विचार सत्रों में अन्य मुद्दों के अलावा लेखा परीक्षण योजना लेखा निष्पादन और डिजीटल परिवेश में लेखा प्रणाली पर चर्चा की जायेगी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि भी भाग लेंगे दूरसंचार लाइसेंस दूरसंचार विभाग ने ब्लूटूथ वायरलेस चार्जर इंटरनेट ऑफ थिंग्स मेडिकल उपकरणों और कम फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाली इसी तरह की अन्य प्रणालियों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है

इस निर्णय को इंटरनेट ऑफ थिंग्ज़ और मशीन ट्र मशीन संचार प्रणाली जैसी नई प्रौद्योगिकी पर आधारित कारोबार को आसान बनाने के सरकार के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है

पहले यह तिथि तीस सितम्बर थी जिससे पहले पंद्रह दिन बढ़ा दिया गया था

नई दिल्ली में कल सम्पन्न हुई कांग्रेस की छानबीन समिति की दो दिवसीय बैठक में करीब सौ नामों पर सहमति बन गई है पार्टी सुत्रों ने बताया कि पचास मौजूदा विधायकों को फिर चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिये जायेंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच प्रत्याशी चयन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक अगले सप्ताह आयोजित किये जाने की संभावना है इस बैठक में नामों पर चर्चा कर नाम केन्द्रीय चुनाव समिति को भेजे जायेंगे प्रदेश में बहुजन समाजपार्टी अपने बाइस उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरीसिंह यादव को रायसेन जिले की सिलवानी और अशोक यादव को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाये जाने की घोषणा की पार्टी अब तक आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने चौबीस प्रत्याशियों के नाम घोषित किये हैं पढे भोपाल राजधानी भोपाल में कल आयोजित पढ़े भोपाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आम नागरिको ने भाग लिया राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने को कहा था

राज्यपाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन और बच्चों में इसके प्रति उत्साह को देखते हुए कहा है कि प्रदेशभर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों और नागरिकों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता आती है जो आगे जाकर आदत में बदल जाती है डाक सप्ताह देश भर में कल से राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरूआत हुई इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को डाक सेवाओं की जानकारी दी जा रही है भोपाल में इस अवसर पर स्कूली बच्चों को प्रमुख डाकघरों का भ्रमण कराया गया और उन्हें डाक सेवाओं के साथ ही बचत योजनाओं की जानकारी दी गई तेरह अक्टूबर को भोपाल परिमंडल कार्यालय में ग्राहक मिलन समारोह भी आयोजित किया जायेगा भिलाई हादसा छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र में जहरीली गैस रिसने से ग्यारह कर्मचारियों की मौत हो गई और ग्यारह गंभीर रूप से घायल हुये जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया गया कि कल दोपहर संयंत्र में कोक ओवन गैस के रिसाव के बाद विस्फोट हो गया जिसके चलते यह हादसा हुआ केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है घटना के बाद उन्होंने भिलाई पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना संयंत्र प्रशासन ने इस हादसे की जांच के आदेश दिये हैं बैडमिंटन उच्च शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में इन्दौर संभाग की टीम ने दोहरा खिताब जीता है भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता में महिलाओं के फायनल में इन्दौर संभाग ने जबलपुर संभाग को हराकर खिताब जीता

बड़वानी जिले में चुनाव के लिए एक हजार दो सौ पैतीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं